हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि असम की तरह हरियाणा में भी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लागू किया जायेगा इसके अलावा राज्य में कानून आयोग के गठन करने पर भी विचार किया जा रहा है समाज के प्रब्द्ध व्यक्तियों की सेवायें लेने के लिये अलग से एक स्वैच्छि विभाग का गठन किया जायेगा हरियाणा के म्ख्यमंत्री आज महासम्पर्क अभियान के तहत पंचक्ला पहंचे पहंचे उन्होंने पूर्व नौ सेना अध्यक्ष स्नील लांबा पूर्व जस्टिस एस एस भल्ला से मुलाकात की और भारतीय जनता पार्टी तथा हरियाणा सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षो में किये गये विकास कार्यो की जानकारी दी उन्होंने विकास कार्यो को लेकर रिपोर्ट कार्ड भी सौंपा और बताया कि पंचकुला और हरियाणा की बेहतरी के लिए स्झाव भी मांगे मीडिया से बातचीत में मनोहर लाल ने बताया कि भाजपा द्वारा पांच दिनों का महासम्पर्क अभियान चलाया गया है और लोगों से पूरे देश भर में मुलाकात की जा रही है उन्होंने बताया कि श्री भल्ला रिटायरमेंट के बाद सामाजिक कामों में लगे हये है और वे एनआरसी पर भी काम करे रहे है म्ख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार भी प्रदेश में एनआरसी लागू करेगी और इस सम्बंध में श्री भल्ला का सहयोग लेगी केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारीया ने कहा कि जल शक्ति मिशन के तहत जल संकट को दूर करने की योजना बनाई जा रही है आज जल संकट प्री द्रनिया में छाया हआ है हमारे पास पानी की मात्रा भी काफी कम है जिसमे से अधिकतर पानी खारा है जो खेतो में इस्तेमाल होता है

श्री कटारिया करनाल में वरिष्ट नागरिक सम्मेलन में बोल रहे थे

जीएसटी यानि वस्त् एवं सेवा कर नेटवर्क ने नये व्यापारियों के लिए अगले वर्ष जनवरी से आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है ताकि वस्त् एवं सेवा कर का अनाचार रोका जा सके ये घोषणा बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी द्वारा की गई जो कि जीएसटी नेटवर्क के मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष है बैंगलूरू के एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि इससे पहले सत्यापन वैकल्पिक था श्री मोदी ने कहा है कि गत दो वर्षौ के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी इनवाईस दिय जाने को देखते हये ये निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि जो लोग आधार प्रमाणन नहीं चाहते उन्हें स्वयं जाकर सत्यापन कराना होगा और ये तीन दिन में पूरी होगी

उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज इंजीनियर दिवस के अवसर पर इंजीनियर्स को श्भकामनायें दी है एम विश्वेसनर्मा को आदर्श व द्रदर्शी बताते हये उनके जन्म दिवस पर आज श्री नायड् ने कहा कि वो एक महान सिविल इंजीनियर थे जिन्होंने देश के जल संसाधन को बांधों के जरिये ऊर्जा उत्पादन हेत् लगया श्री नायडू ने कहा कि देश विश्वेसवर्या का हमेशा ऋणी रहेगा जिन्होंने अपना अमुल्रू योगदान इसके विकास के लिए दिया श्री मोदी ने टिवीट के जरिये अपने संदेश मे कहा कि इंजीनियर्स कर्मठता व दृढ़ निश्चय के पर्याप्त् है उन्होंने कहा कि मानव विकास इंजीनियर्स के अनोखे उत्साह के बगैर अध्रा है

हरियाणा के लोक निर्माण तथा वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि अगली पंचवर्षीय योजना में प्रदेश मे शिक्षा और स्वास्थ्य स्विधाओं को सुधारने पर ध्यान दिया जायेगा

राव नरवीर सिंह आज ग्रूग्राम मे आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले दिनों ग्रूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण गमाडा की बैठक मे दक्षिणी गलियारा को सिग्नल फ्री करने के प्रस्ताव को मंज्र किया था

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान पर आगे बढ़ते हए कृषि मंत्री ने भी आज विधानसभा के गांव दरियाप्र में घर घर जाकर कपड़े के थैले में प्रचार सामग्री वितरित की समर्थ संस्था द्वारा प्रशिक्षित बहनों ने कपड़े के एक लाख थैले एक ही दिन में तैयार किए है और इन थैलों पर प्लास्टिक को ना मोदी जी को हां का स्लोगन लिखा गया है बादली विधानसभा क्षेत्र में सभी घरों में कपड़े के थैले पहंचायें जाएंगे और यह पहला विधानसभा क्षेत्र होगा जिसमें घर घर कपड़े का थैला सिंगल यूज पॉलीथिन के इस्तेमाल से बचने के संदेश के साथ पहंचेगा

उन्होंने कहा कि मुगल कैनाल की तर्ज पर ऋषिप्ंज से शादीपरु तक निर्माणाधीन ड्रेन के शादीप्र से राठधना तक के खंड के निर्माणसे सोनीपत वासियों को बड़ा फायदा होगा

इस बारे में एक प्रस्ताव को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वीकृति दे दी है

आज हजारों बच्चो को यह दवा पिलाई गई